राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की आज सुबह राजधाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के पक्षधर थे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कठोर मेहनत करने का संकल्प लेना चाहिए गांधी जयंती देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत का एक विशेष संदेश दिया है इस सपने को साकार करने के लिए राज्य की जनता की ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री स्वच्छता ही सेवा के तहत निकाली गई पदयात्रा में शामिल हुए इसके पश्चात उन्होंने गांधी पार्क में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहाद्र शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की एवं महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को प्लास्टिक से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड बनाने की शपथ भी दिलाई सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गांधीजी और शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अहिंसा के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड बनाने की शपथ दिलाई राज्यपाल देहरादून राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत भूषण को सम्मानित भी किया इसके बाद उन्होंन राजभवन परिसर में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान में प्रतिभाग किया राज्यपाल ने राज्यपाल सचिवालय और राजभवन परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के निर्देश दिये हैं राजभवन की बैठकों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं दिया जाएगा वहीं राज्यपाल ने पांच टीबी मरीजों के उपचार और उनके पोषण युक्त आहार के लिए उन्हें गोद लेने का का निर्णय लिया राजभवन में टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित क्षयरोग के प्रति जागरूकता अभियान का शुभारम्भ करते हुए यह फैसला लिया निशंक की पदयात्रा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि आज से पूरे देश मे संकल्प पदयात्रा निकाली जा रही है जिसके तहत गांव गांव जाकर एक नए भारत के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्री आज रूड़की में संकल्प पदयात्रा में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने झबरेड़ा मंगलौर लंढोरा गांवों का भ्रमण किया

इस यात्रा के तहत गांवों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि देश साफ और स्वच्छ हो सके साथ ही स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा उधर पौड़ी जिले में तीरथ सिंह रावत और नैनीताल में अजट भट्ट ने भी पदयात्रा की राज्य आन्दोलनकारी शहीद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीदों की पुण्यस्मृति पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहादून रिथत शहीद स्थल पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पचक्र अर्पित किये उन्होंने राज्य आन्दोलनकारी शहीदों को याद करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए राज्य आन्दोलनकारियों द्वारा किये गये बलिदान और संघर्ष के परिणामस्वरूप ही उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य बना है राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का विकास हो इसके लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखण्ड को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य के रूप में उत्तराखण्ड की विशेष पहचान है देश और दुनिया के पर्यटक उत्तराखण्ड आना चाहते हैं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अर्न्तगत कई योजनाओ को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है आने वाले समय में इन योजनाओं के व्यापक स्तर पर परिणाम आयेंगे और पलायन भी रूकेगा

सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हरिद्वार में रीजनल आउटरीच ब्यरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सदभावन राष्ट्रीय पोषण मिशन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई पौड़ी जिले में गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने गढ़वाल मण्डल के कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के तहत उपस्थित सभी लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन की शपथ दिलाई रुद्रप्रयाग में जिला कार्यालय में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को अहिंसा की शपथ दिलाई जिलाधिकारी ने राष्ट्रपिता और लाल बहादुर शस्त्री के चित्र का अनावरण कर माल्यर्पण किया इसके साथ ही केदारनाथ से लेकर जिले में सभी जगह हर वर्ग के लोगों ने महाश्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया टिहरी जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वासुमन अर्पित करने के बाद राम धुन गायन कर शांति और अहिंसा का संदेश दिया

साथ ही कपड़ों से बने बैग भी वितरित किए उत्तरकाशी में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक मुक्त की शपथ दिलायी गई

उधर अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी संकल्प यात्रा निकाली इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि संसदीय क्षेत्रों के सभी ब्लॉकों में पद यात्रा निकाली जायेगी जिसमें गांव गांव जाकर स्वच्छता और प्लास्टिक के प्रति जनजागरूकता फैलायी जायेगी नैनीताल जिले में स्कूली बच्चों और नागरिकों ने प्रभात फेरी निकाली

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि गांधी और शास्त्री जी की जयन्ती के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन कर जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा बागेश्वर जिले में भी गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई वहीं कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम में भजन कार्यक्रम हुआ इसके साथ ही जिले में कई जगह सफाई अभियान भी चलाया गया

इस दौरान विदेशी सैलानियों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया

अंगीकार योजना बागेश्वर जिले में आज गांधी जयंती के अवसर पर अंगीकार अभियान का शुभारम्भ किया गया

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अंगीकार के तहत चिन्हित लाभार्थियों को स्वस्थ जीवन के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं मिले अंगीकृत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा